इस केन्द्र की स्थापना को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है इससे करदाताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी इसके साथ ही प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करते हुए करदाताओं की शिकायतें कम करने और कारोबारी सुविधा बढाने में भी मदद मिलेगी नई प्रणाली के तहत करदाताओं को कर अधिकारियों से संपर्क कॅरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी करदाताओं को वेब पोर्टल पर दर्ज उनके पंजीकृत ई मेल पर सूचनाएं भेजी जाएंगी और फोन नम्बर पर एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजकर बताया जाएगा कि उनके मामले को आयकर जांच के लिए क्यों चुना गया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य है

श्री जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं हैं और वहां सभी अखबार बिना किसी व्यवधान के प्रकाशित हो रहे हैं उन्होंने कहा कि पत्रकारों को घाटी के हालात देखने के लिए जाने की छूट दी गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर जिले के दौरे पर है श्री गहलोत ने सुबह सेन्ट्रल अकेडमी स्कूल स्टेडियम में आयोजित मैं भी गांधी हूँ कार्यक्रम में भाग लिया मुख्यमंत्री आज दोपहर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होगे और मथुरादास माथुर अस्पताल में नई कैथ लैब का लोकार्यण मी करेंगे बाड़मेर के पचपदरा थाने में पुलिस हिरासत में एक आरटीआई कार्यकर्ता की मौत के बाद थानाधिकारी को निलम्बित और पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक सरद चौधरी ने इस मामले में थानाधिकरी को प्रथम दृष्टयां लापरवाही का दोषी माना

अलवर शहर के अरावली विहार क्षेत्र में पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने उनके कब्जे से हथियार और मोटर साइकिल बरामद की पुलिस ने बताया कि ये बदमाश आसपास के इलाकों में साइकिल से रैकी करने के बाद मकानों में वारदात को अंजाम देते थे

राज्य सरकार ने तालछापर अभयारण्य के बीच से होकर गुजरने वाले सुजानगढ़ छापर मार्ग को डि नोटिफाई करने के आदेश दिए हैं इस आदेश के बाद इस मार्ग को फिर से खोला जा सकेगा इससे सुजानगढ़ बीदासर छापर स्थानीय क्षेत्र के साथ साथ सालासर मुकाम आने वाले देशमर के लाखो यात्रियों को लाभ मिल सकेगा

जिससे तालछापर आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आ गई थी प्रदेशभर में आज महानवमी का पर्व परम्परागत रूप से मनाया जा रहा है इस मौके पर मन्दिर और घरों में देवी माँ की विशेष पूजा अर्चना कर कन्याओं को भोजन करवाया जा रहा है इस अवसर पर मन्दिरों में विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे है वहीं कल विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा इस दौरान प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों पर रावण मेघनाथ और कुंभकरण के पुतलों का दहन किया जाएगा